प्रधानमंत्री नरेन्द्रो मोदी ने देशवासियों से शनिवार से शुरू हो रहे स्वौच्छनता ही सेवा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया देहरादून में डिजास्टर रिस्क असेसमेंट पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआप्रदेश में आपदा के मद्देनजर डाटाबेस तैयार किया गया गरीबों का अपने घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हो रहा हैपिथौरागढ़ जिले में पक्का घर मिलने से कई परिवारों की जिन्दगी बेहतर हुई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी

अपने ट्वीट और विडियो संदेशों में श्री मोदी ने कहा है कि शनिवार से शुरू हो रहा यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि देने का शानदार तरीका है

इस युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिकी और भारतीय सेनाएं एक साथ मिलकर पर्वतीय जटिल परिस्थितियों में काउन्टर इंसर्जेसी और काउन्टर आतंकवाद के साथ लड़ने का अभ्यास करेंगे

संयुक्त युद्वाभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां रणनीतिक तकनीकि कार्रवाई और ऑपरेशनल अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे

उन्होंने कहा कि अब सभी क्रॉप कटिंग प्रयोग सीसीई एग्री एप से होंगे जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा

जिलाधिकारी ने बताया कि इसी तरह पूरे जनपद में क्राप कटिंग करवाई जा रही है इससे जिले में हो रहे उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इसके लिए सभी राजस्व उपनिरीक्षको को मोबाईल भी उपलब्ध कराये गये है इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसानों को दलहनी फसल के साथ साथ अदरक हल्दी आदि फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि इन फसलों को बोने से जहां एक ओर आजीविका के साधन बढ़ेगे वहीं दूसरी ओर जंगली जानवर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे स्लग स्वच्छता कार्यशाला स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से देहरादून में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने पर चर्चा की गई स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड देश में चौथे स्थान पर है स्वच्छ भारत अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर डीआर जोशी ने कहा कि स्वच्छता को कैसे बरकरार रखा जाए हमें इस पर भी कार्य करना होगा क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक एनके कौशल ने कहा कि इस कार्यशाला में राज्य के अलग अलग जिलों से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय डीएवीपी और गीत नाट्य प्रभाग से जुड़े लोगों को बुलाया गया था ताकि आपसी समन्वय से स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जा सके क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो के अपर महानिदेशक एनके कौशल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देहरादून और हरिद्वार में पांच जन जागरुकता कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं स्लग डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में डिजास्टर रिस्क असेसमेंट पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में भविष्य में आपदाओं को कम करने पर जोर दिया गया कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखंड में तीन तरह की समस्याएं है भूकंप अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड जिससे काफी नुकसान होता है इसे देखते हुए जो डाटाबेस तैयार किया है उससे काफी लाभ मिलेगा कार्यशाला में आपदा से बचाव पर चर्चा की गई

कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य भर में आपदा संवेदनशील स्थलों का डाटा तैयार किया गया है जिससे इन जगहों पर आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी इस मौके पर राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा से उत्तराखंड में काफी दिक्कतें होती हैं लेकिन राज्य सरकार की कोशिश है कि नुकसान को काफी कम किया जा सके सेमिनार में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों ने अपनी राय दी सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए

जिले के पिथौरागढ़ के बिण ब्लॉक के छह परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का आशियाना मिल गया है अब वो निश्चिंत हैं और खुद सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे ही एक और लाभार्थी हैं राजुराम जो एक हाथ से विकलांग हैं बड़ी मुश्किल से वो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते थे छोटे से कमरे में राजूराम अपने परिवार के साथ रहते थे प्रधानमंत्री आवास योजना से उन्हें अब खूद का घर मिल गया है

पिथौरागढ़ के बिण ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन किस्तों में लाभार्थी को भुगतान किया जाता है